और प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है

आज नई दिल्ली में छियालीसवें राष्ट्रीय प्रबंधन अधिवेशन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रहित में लिए हैं

जनता के लिए क्या अच्छा है वो हमारे निर्णय का आधार हुआ और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ प्रदेश में वज्रपात से आठ लोगों की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले में तीन जबकि जहानाबाद और पटना में दो लोगों की मौत की खबर है वहीं लखीसराय जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बादल छाये हुए हैं और कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है मौसम विभाग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार किशनगंज के गलगलिया और चरघरिया में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश कटिहार उत्तर में दर्ज की गयी है

मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर पूर्णियां समेत राज्य के अधिकांश भागों में अगले चौबीस घंटों के दौरान गरज के साथ बारिश की संभावना है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि राज्य में बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी समस्तीपुर और दरभंगा में विधि व्यवस्था की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाये जाने से राज्य के कई इलाकों में विधि व्यवस्था भंग की जा रही है उन्होंने अफवाह फैलाने वाले और भोली भाली जनता को बहकाने वाले लोगों की पहचान कर उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने का निर्देश दिया है इधर पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि राज्य में जुलाई से अब तक भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या की तीस से अधिक घटनाएं हुई हैं जिसमें तीन हजार लोगों को आरोपी बनाया गया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की पीड़िता के साथ बेतिया में सामूहिक द्वष्कर्म मामले में पुलिस पांचवें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्होंने कहा कि पीड़िता को जुलाई दो हजार अठारह में ही उसके परिवार को सौंप दिया गया था श्री कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपा जाना था उसमें पीड़िता शामिल नहीं है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में प्याज का पर्याप्त मात्रा में भंडार है श्री पासवान ने कहा कि प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी कुछ दिनों के लिए है उन्होंने कहा कि जल्द ही इसमें कमी आयेगी

रबी मौसम दो हजार सत्रह अठारह के दौरान गेंहू के रिकार्ड उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के कृषि सहकारिता और कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रसन्नता जताते हुए किसानों को बधाई दी है इसके तहत राज्य के दो किसानों को भी पुरस्कृत किया जायेगा वर्ष दो हजार बारह में धान दो हजार तेरह में गेंहू और दो हजार सोलह में मक्का के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए राज्य को कृषि कर्मण प्रस्कार से सम्मानित किया जा चुका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अब एक वर्ष तक ईएमआई नहीं देना होगा इंडियन ऑयल कारपोरेशन एलपीजी के महाप्रबंधक उदय कुमार ने बताया कि इस वर्ष एक अगस्त से इस योजना से जुड़ने वाले ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री श्री मोदी को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा मैं उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं प्रदेश में आज विश्वकर्मा पूजा श्रद्वापूर्वक मनायी जा रही है इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के विभिन्न निर्माण अभियांत्रिकी प्रतिष्ठानों और कल कारखानों में पूजा का आयोजन किया गया इधर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र पटना के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विशेष पूजा का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्र के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की विकास दर बढ़ रही है श्री चौधरी ने अपनी संसदीय अध्ययन यात्रा के क्रम में रुस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करते हुए बिहार में हो रहे विकास के अनुकरणीय प्रयासों की चर्चा की उन्होंने कहा कि हर घर बिजली घर घर नल का जल सड़क निर्माण जैसी योजनाओं से आधुनिक बिहार का स्वरुप तेजी से बदल रहा है रेलवे ने आज से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का एक व्यापक श्रमदान अभियान शुरू किया है इस दौरान सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए यात्रियों में जागरूकता पैदा की जा रही है समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने कहा कि स्टेशनों और रेल परिसरों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना के गांधी घाट दीघा घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सोन नदी पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग अठारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा और सोन के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में खतरे के निशान से लगभग पन्द्रह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं घाघरा नदी सीवान के दरौली और गंगपूर सिसवन में खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के करीब दर्ज किया गया नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कटाव का संकट पैदा हो गया है हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया कि गंडक बराज से रिकॉर्ड दो लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इससे गंडक नदी के किनारे वाले क्षेत्रों के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मडराने लगा है राज्यपाल फागू चौहान ने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज गया में पिंडदान किया श्री चौहान ने गया के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया पश्चिम चंपारण जिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा पोषण जागरूकता अभियान के तहत चित्र कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अरवल जिला मुख्यालय में भगत सिंह चौक से इंदौर स्टेडियम तक राष्ट्रीय पोषण जागरूकता रैली निकाली गई पटना प्रलिस ने पटना विश्वविद्यालय के पांच हॉस्टलों को सील कर दिया है कल देर रात हॉस्टल के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी की घटना के बाद ये कार्रवाई की गई है

और प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है